राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने रामगढ़ की दुष्कर्म पीड़िता को आठ लाख पच्चीस हजार रूपए मुआवजा देने का निर्देश दिया है भारत की भावना जाट ने ओलिंपिक दो हजार बीस के लिए अपनी जगह सुरक्षित कर ली है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद को कृषि उत्पादों तथा जल संरक्षण पर ध्यान देते हुए कुपोषण जैसे वर्तमान सामाजिक मुद्दों पर काम करना चाहिए उन्होंने कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा के लिए किफायती और टिकाऊ बैटरियों की आवश्यकता है नई दिल्ली में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद सीएसआईआर की बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व स्तरीय उत्पाद विकसित करने के लिए पारंपरिक ज्ञान और आध्निक विज्ञान का मिला जुला उपयोग करना चाहिए प्रधानमंत्री ने वर्चुअल लैब विकसित करने के महत्व पर बल दिया ताकि विद्यार्थियों में विज्ञान को लोकप्रिय बनाया जा सके

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने घोषणा की है कि सरकार डेढ़ वर्ष के भीतर सभी घरों में पेयजल उपलब्ध करवा देगी और इसके लिए राज्य में शुद्धलापूर्ति योजनाओं का विस्तार किया जाएगा श्री ठाकुर आज पश्चिमी सिंहभूम जिले के सदर प्रखंड स्थित गाईसुटी में ग्रामीण जलापूर्ति योजना तथा जल शोधन संयंत्र का लोकार्पण करने के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे

खूंटी जिले के तोरपा प्रखंड स्थित मरचा में आज सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया इस कार्यक्रम में विकास योजनाओं से संबंधित स्टॉल में स्वच्छता विभाग ग्रामीण आजीविका मिशन श्रम विभाग आपूर्ति समेत विभिन्न विभागों के स्टॉल में ग्रामीणों को तत्काल योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए कागजी कार्रवाई प्री की गई कार्यक्रम में जिले के उपविकास आयुक्त अरविंद मिश्र ने विकास योजनाओं से संबंधित स्टॉल का निरीक्षण किया केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की दसवीं और बारहवीं की बोर्ड परीक्षा के पहले दिन आज विभिन्न केन्द्रों पर विद्यार्थियों ने पहले पत्र की परीक्षा दी राजधानी रांची सहित राज्यभर के बनाए गए केन्द्रों में भी परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न हुई दसवीं की परीक्षा बीस मार्च तक चलेगी इसमें अठारह लाख नवासी हजार विद्यार्थी शामिल हो रहे हैं वहीं बारहवीं कक्षा की परीक्षा तीस मार्च को सम्पन्न होगी जिसमें बारह लाख से अधिक विद्यार्थी परीक्षा दे रहे हैं

कार्यक्रम में परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों से बातचीत करते हुए उन्हें किसी भी तनाव से दूर रहने की सलाह दी थी

गिरिडीह में पत्रकारों से बातचीत करते हुए डॉ राय ने गोड्डा के भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि पार्टी झारखण्ड में जनता द्वारा परिवर्तित सरकार बनाने के पक्ष में है हेमन्त सोरेन सरकार के कामों में बाधा नहीं डाली जाएगी हालांकि उन्होंने कहा कि राज्य में विकास कार्य ठप्प है और काम के अभाव में मजदूर पलायन कर रहे हैं

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य योगेन्द्र पासवान ने रामगढ़ की दुष्कर्म पीड़िता को एक सप्ताह में आठ लाख पच्चीस हजार रूपए मुआवजा देने का निर्देष दिया है उन्होने इस मामले की तेजी से सुनवाई करते हुए दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने का भी निर्देष दिया श्री योगेन्द्र आज रामगढ़ जिले में दुष्कर्म पीड़िता और उनके परिजनों से मुलाकात के बाद मीडिया से बात कर रहे थे फरवरी दो हजार बीस में जिले के कुजू थाना क्षेत्र में एक लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था इस मामले में चार आयोपियों को गिरफ्तार किया गया था

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरने ने झारखंड आन्दोलन के जन नायक स्वर्गीय टेकलाल महतोकी पचहत्तरवीं जयंती के अवसर पर कहा है कि स्वर्गीय टेकलाल झारखंड आन्दोलन के समर्पित व्यक्तित्व थे श्री सोरेन ने कहा कि खुषहाल झारखंड का निर्माण करना इस सरकार का संकल्प है और यही टेकलाल के प्रति सरकार की सेच्ची श्रद्धांजलि होगी

महोत्वव की आवश्यक तैयारियां अंतिम चरण में है

भारत की भावना जाट ने इस वर्ष ओलिंपिक के लिए क्वालीफाई कर लिया है